उन्होंने चिकित्सा अन्संधान और विकास के लाभों को म्क्तभाव से साझा करने स्वास्थ्य प्रणाली को आवश्यकता के अन्सार और मानवीय रूप में विकसित करने तथा आपदा प्रबंधन के नये तौर तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया

इनमें चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं

उन्होंने ये भी बताया कि उज्जवला योजना के अन्तर्गत आठ करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन महीनों में गैस सिलेंडर म्फ्त उपलब्ध कराये जायेंगे